वैक्सीन से किसी दुष्प्रभाव की खबर नहीं पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में

और राष्ट्र आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहा है

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में इसकी शुरूआत करते हुए कहा कि कोन्द्र सरकार सुरक्षाबलों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए सरकार ने आयुष्मान भारत सीएपीएफ योजना शुरू की है

उन्होंने सुरक्षाकर्मियों से नियत समय पर टीका लेने की अपील की गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सुरक्षा बलों और उनके परिवार के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है इसलिए सरकार ने उनके लिए आयुष्मान भारत सीएपीएफ योजना की शुरुआत की है

अब तक राज्य में लगभग छिहत्तर हजार लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किसी भी व्यक्ति में वैक्सीन के द्रष्प्रभाव की खबर नहीं है प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर अंठानवे दशमलव चार पांच प्रतिशत हो गयी है जो राष्ट्रीय औसत से एक दशमलव छह तीन प्रतिशत अधिक है पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो सौ तीन रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख पचपन हजार सात सौ इकतालीस हो गयी है वहीं पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक सौ उनचास नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख उनसठ हजार सात सौ छियासठ हो गयी राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार पांच सौ अड़तालीस है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कोविड टीका को लेकर फैलायी जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है उन्होंने कहा कि कोविड टीका पूरी तरह सुरक्षित है

कोई ये कहता है कि वैक्सीन से लोगों की इम्पोटेंसी हो जाती है या उससे न्यूरो डैमेज हो जाता है तो एक लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है चाहे वो ट्रायल में लगा हो या वो रोल आउट में लगा हो और जो वैक्सीन यहां पर यूज हो रही हैं वो और देशों में भी यूज हो रही हैं तो कहीं भी ऐसा कोई सिग्नल भी नहीं आया है कि किसी को सीरियस एण्ड सिग्नीफिकेंट साइड इफैक्ट हुए हैं इसलिए हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन हैं जो हमारे साइंटिस्ट्स ने बनाई हैं जिसपर रिसर्च हुई हैं जिसपर सेफ्टी ट्रायल्स हुए हैं और वो जो बाहर भी यूज होनी हैं वो सारी सेफ हैं और उसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं हैं देश भर में कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा इस दिवस का उद्देश्य मतदाताओं विशेषकर नये मतदाताओं को प्रोत्साहन और सुविधा देने के साथ साथ अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची में उनको नामांकन के लिए प्रेरित करना है भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल पच्चीस जनवरी को देशभर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि होंगे इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य विषय देश के मतदाताओं को सशक्त सतर्क सुरक्षित और जागरूक बनाना है कोविड उन्नीस महामारी के दौरान चुनावों के सुचारू आयोजन के लिए चुनाव आयोग की प्रतिबद्वता को भी इस दिवस के माध्यम से रेखांकित किया जाएगा पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक राज्य में घने कोहरे और ठंड की सम्भावना को देखते हये सीवान सारण गया बांका समेत इकतीस जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह के समय घने कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर दो सौ मीटर से पचास मीटर के बीच बना हुआ है मौसम वैज्ञानिक रंजन कुमार ने बताया कि अगले तीन से चार दिनों तक दिन के तापमान में चार से पांच डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है हालांकि रात के तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा

कृषि विभाग ने इकतीस जनवरी तक ऑफलाईन आवेदनों के लिए निष्पादन का निर्देश जिला कृषि पदाधिकारियों को दिया है कृषि विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि खाद बीज को बेचने के लिए विभाग की पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है यह दिवस बालिकाओं को समान अवसर पर जोर देने के लिए मनाया जाता है नरेन्द्र मोदी सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा और उनके अनुपात के कम होने के मुद्दे पर ध्यान दिया है सरकार ने जनवरी दो हजार पन्द्रह में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया था श्री मोदी ने उस समय कहा था कि समाज को बेहतर बनाने के लिए बालकों और बालिकाओं के बीच बढ़ते असंतुलन को कम करने की तत्काल आवश्यकता है

इस कार्यक्रम में बालिकाओं के विरूद्ध वर्षों पुरानी परंपराओं को खत्म करने की चुनौती से सफलतापूर्वक निपटा गया है और बालिकाओं के लिए कई नवाचार शुरू किये गये हैं इधर राष्ट्रय बालिका दिवस के अवसर पर राज्य में कई समारोह का आयोजन किया जा रहा है भागलपुर जिले के नाथनगर आरक्षी प्रशिक्षण कोन्द्र को पूर्वी जोन का सबसे बेहतर भर्ती प्रशिक्षण कोन्द्र घोषित किया गया है गृह मंत्रालय ने यह घोषणा करते हुये कहा है कि संस्थान को इसके लिए होम मिनिस्टर ट्रॉफी और चार लाख रूपये की सम्मान राशि दी जायेगी इसके साथ ही राज्य के तीन पुलिसकर्मियों को गृह मंत्री पदक लिये चुना गया है जिसमें राजगीर के हवलदार भोगेन्द्र मिश्रा और सीटीएस नाथनगर के सिपाही अनुरंजन कुमार तथा बिपिन कुमार सिंह शामिल हैं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव जितेन्द्र श्रीवास्तव को राज्य के गृह विभाग का नया सचिव बनाया गया है उन्हें बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अतिरिक्त प्रभार से भी मुक्त कर दिया गया है मैट्रिक परीक्षा में कदाचार के आरोप में निष्कासित परीक्षार्थी आगे किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार परीक्षा केन्द्रों के अधीक्षक निष्कासन का आदेश जारी करेंगे और परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका तथा उपस्थिति पत्र पर निष्कासित लिखेंगे इसकी सूचना मोबाईल एप के माध्यम से समिति को भेजेंगे राज्य के व्यवहार न्यायालयों में लोक अभियोजक और सरकारी वकीलों की नियुक्ति करने के लिए विधि विभाग ने जिलाधिकारियों से अधिवक्ताओं के नामों की सूची मांगी है विभाग के अनुसार नामों के मिलने के बाद उसकी जांच करायी जायेगी और नई नियुक्तियां की जायेगी लंदन के रॉयल कामनवेल्थ सोसाईटी की ओर से आयोजित क्वींस कामनवेल्थ निबंध प्रतियोगिता में पटना की वेदिका सिन्हा ने कांस्य पदक जीता है इस प्रतियोगिता में अंठावन देशों के तेरह हजार से अधिक प्रतियोगी शामिल हुये थे दरभंगा जिले के कमतौल प्रखंड के सिरहुल्ली गांव निवासी ज्योति कुमारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दो हजार इक्कीस के लिए चयनित किया गया है कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ज्योति से वर्च्रअल माध्यम से बातचीत करेंगे गया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में उसकी पत्नी और ससुर समेत तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है सारण जिले के भगवान बाजार थाना क्षेत्र से पुलिस ने अवैध लॉटरी के साथ कारोबारी समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से लूटी गयी पिकअप वैन को झारखंड के गिरीडीह से बरामद कर चार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार सिंह ने बताया कि अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा और दो कारतूस भी बरामद किए गए हैं जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के सिंगारपुर गांव के पास एक ट्रक की चपेट में आने से दो युवकों की मौत हो गयी नवादा जिले में एक पुलिस वैन के पलट जाने से सत्रह जवान घायल हो गये जिन्हें स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने कृषि काूनन पर लिखा है दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च को मिली मंजूरी दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री के कलकत्ता दौरे पर प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है एलएसी से एलओसी तक अब भारत नये अवतार में प्रभात खबर ने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड पर सुर्खी दी है ब्रह्मोस मिसाईल दस्ते को लीड करेंगे बिहार के कमरूल दैनिक भास्कर ने राज्य के वित्तीय वर्ष इक्कीस बाईस के बजट पर शीर्षक दिया है राज्य बजट की तैयारी बम्पर बहाली होगी विभागों से रिक्तियां मांगी आज अखबार ने लालू प्रसाद को स्वास्थ्य जांच के लिए दिल्ली भेजे जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

वैक्सीन से किसी दुष्प्रभाव की खबर नहीं पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में

और राष्ट्र आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहा है